राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर केवल दो हजार दस की जनगणना को अद्यतन करने के बारे में है

विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में पांच से सात डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गयी है

श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का कोई भी डाटा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के बारे में अफवाह फैलाने वाले वास्तव में गरीबों और अल्पसंख्यकों के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं बाईट हमने एक एप बनाया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हर नागरिक डाउनलोड कर पाएगा अपने मोबाइल पे और भरकर दे सकता है तो जब जनगणना अधिकारी आएंगे एनपीआर के बनाने वाले लोग आएंगे तब सिर्फ टिक करके दस मिनट के अंदर काम समाप्त होगा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना है कुछ नहीं लेना है जो इंफोरमेशन आप देंगे उसका सरकार रजिस्टर बनाएगी और इस इंफोरमेशन के आधार पर आने वाले दस दिनों तक भारत की विकास की योजनाओं का प्लानिंग होगा

गृहमंत्री ने कहा कि अगर इस तरह का सर्वेक्षण नहीं हुआ होता तो रसोई गैस का कनेक्शन गरीबों को नहीं मिलता उन्होंने कहा कि जनगणना प्रत्येक दस वर्षो पर होती है और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की शुरूआत यूपीए सरकार ने की थी श्री शाह ने कहा कि वर्तमान केन्द्र सरकार इसे जारी रख रही है क्योंकि यह एक अच्छी योजना है श्री शाह ने कहा कि मकान का क्षेत्रफल और पशुधन की संख्या जैसी कुछ नयी जानकारी इस बार के राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में शामिल की गई हैं एक प्रश्न के जवाब में अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिससे किसी की नागरिकता समाप्त हो उन्होंने कहा कि राजनीतिक कारणों से कुछ लोगों को भड़काया गया लेकिन अब लोग सच्चाई जान गए हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली में अटल भूजल योजना की शुरूआत करेंगे केन्द्र सरकार की इस योजना के अन्तर्गत मांग से संबंधित व्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित करते हुए पंचायतों की अगुवाई में भूजल प्रबंधन और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा दिया जाएगा केन्द्रीय मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में छह हजार करोड़ रुपये की इस योजना को मंजूरी दी गयी इस योजना से किसानों की आमदनी बढ़ेगी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पचानवे वीं जयंती आज मनायी जा रही है वर्ष उन्नीस सौ चौबीस में आज ही के दिन ग्वालियर में जन्मे श्री वाजपेयी राजनीतिक उत्कृष्टता के शिखर तक पहुंचे वे तीन बार देश के प्रधानमंत्री बने वर्ष दो हजार पन्द्रह में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया वहीं राष्ट्र आज महान शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर भी श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है मूंगेर जिले में पूलिस ने अन्तर्राज्यीय गिरोह के पांच सदस्यों को मूफस्सिल थाना क्षेत्र के सुतुरखाना गांव से हथियार और एक लाख रूपये मूल्य के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है डीआईजी मनु महाराज ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से दो देशी पिस्तौल सोलह कारतूस छप्पन हजार रूपए नकद और नौ मोबाईल सेट बरामद किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संदिग्ध दिमागी बुखार एईएस से बचाव और उपचार के लिए मोबाईल वाणी नामक एक एप लान्च किया है इस मोबाईल एप से लोगों को बुखार से संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी वहीं राज्य में जापानी बुखार से बचाने के लिए पन्द्रह साल तक के बच्चों का टीकाकरण किया जायेगा राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि टीकाकरण अभियान तीन फरवरी से शुरू होकर तीस मार्च तक चलेगा उन्होंने कहा कि यह टीकाकरण अभियान राज्य के नौ जिले कटिहार किशनगंज पूर्णियां सहरसा मधेपुरा मधुबनी मुंगेर रोहतास और सुपौल में चलाया जायेगा कर्मचारियों के भविष्य निधि का पैसा खाते में जमा नहीं करने पर कम्पनियों को जुर्माना देना होगा केन्द्र सरकार ने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटीज बिल में ऐसे प्रावधान किये हैं नये प्रावधानों के अन्तर्गत पीएफ जमा नहीं करने और गलत जानकारी देने वाली कम्पनियों पर जुर्माने की राशि को दस हजार रूपये से बढ़ा कर एक लाख रूपये तक कर दी गयी है क्रिसमस का त्योहार आज प्ररे प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर गिरिजाघरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है पटना के बांकीपुर आर्क बिशप चर्च कुर्जी चर्च गांधी मैदान स्थित क्राईस्ट चर्च बाकरगंज के बैपटिस्ट चर्च समेत अन्य गिरिजाघरों को रंग बिरंगी रौशनी से सजाया गया है इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को क्रिसमस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं इधर राज्य की निचली अदालतों में आज से क्रिसमस और नये साल की छुट्टियां शुरू हो रही है क्रिसमस और नववर्ष की छूट्टियों को मिलाकर पच्चीस दिसंबर से एक जनवरी तक सूबे की तमाम निचली अदालतें बंद रहेंगी अवकाश के बाद दो जनवरी से राज्य की सभी निचली अदालतें नियमित रूप से काम करने लगेगी राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में तेज पछुआ हवा के कारण ठंड का प्रकोप बढ़ गया है विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में पांच से सात डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गयी है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले चौबीस घंटों में ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है मौसम विज्ञान केन्द्र ने कहा है कि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है कोहरे के कारण हवाई रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है पटना हवाई अड्डे से एक निजी एयर लाईन की बेंगलुरू और दिल्ली से आने वाली उड़ान कल रद्द रही वहीं कई पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है जबकि बड़ी संख्या में गाड़ियां परिवर्तित मार्ग से चलायी जा रही है खगड़िया में चल रही राज्य जूनियर महिला हॉकी के फाईनल में आज पटना का मुकाबला पूर्णियां से होगा वहीं प्रूरष वर्ग में पहला सेमीफाईनल आर्मी ब्यायज स्पोर्ट्स कम्पनी बनाम पीयन मेहता हॉकी एकेडमी मुजफ्फरपुर और दूसरा सेमीफाईनल पटना बनाम मेजबान खगड़िया के बीच खेला जायेगा इधर लुधियाना में सम्पन्न पैंसठवीं राष्ट्रीय स्कूली वुशू अंडर नाईनटीन प्रतियोगिता में बिहार ने चार रजत और दो कांस्य पदक जीता है दूसरी और पटना के मोईनुलहक स्टेडियम में आज से रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हो रही है जिसमें बिहार का मुकाबला गोवा के साथ होगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से लिखा है एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं दैनिक जागरण की सुर्खी है रांची में उनतीस को हेमंत सोरेन की ताजपोशी दैनिक भास्कर ने लिखा है नीतीश ने जारी किया मोबाईल एप जान सकेंगे चमकी बुखार के उपचार प्रभात खबर की बड़ी खबर है सत्रह सौ सैंतालीस अमीनों की नियुक्ति के लिए बीस तक ऑनलाईन आवेदन आज अखबार ने राज्यकर्मियों को सरकार की ओर से दिये गये निर्देश पर लिखा है पन्द्रह फरवरी तक करें सम्पत्ति ऑनलाईन तब मिलेगा तनख्वाह

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर केवल दो हजार दस की जनगणना को अद्यतन करने के बारे में है

विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में पांच से सात डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गयी है